डॉक मतपत्रों की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा

तोमर समर्थन मूल्य केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हाल ही में संसद से पारित कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों विधेयक किसानों के हितों के लिए हैं जो कृषकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रशासकीय निर्णय था जो जारी रहेगा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कल आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस इन विधेयकों का विरोध करके देश के किसानों को गुमराह कर रही है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि आवश्यक वस्त अधिनियम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है उसे अब तत्काल समाप्त कर देना चाहिए श्री तोमर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कृ षि मंत्री शरद पवार समेत स्वामीनाथन समिति और राष्ट्रीय किसान आयोग सभी कृषि क्षेत्र में सुधार लाना चाहते थे उन्होंने कहा कि नये कृषि विधेयकों से व्यापारियों और किसानों के बीच की दूरी कम होगी और किसानों के उपज की खरीद के लिए व्यापारी खूद उनके घर तक आएंगे किसान कल्याण योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से सीधे संवाद भी करेंगे

गौरतलब है कि यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रारंभ की गई है

याचिकाकर्ताओं की दलील है कि कोविड के प्रसार को देखते हुए परीक्षा आयोजित कराना स्वास्थ्य और जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है

मंत्रालय ने बताया कि यह कदम देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में भी कमी करेगा

यह प्रशक्षिण केन्द्र सरकार के कौशल उन्नयन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगा

मौसम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय है

वहीं ग्वालियर संभाग के कई जिलों में भी वर्षा दर्ज की गई चंबल संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा मौसम केन्द्र ने आज रीवा संभाग के अनूपपुर शहडोल पन्ना और छतरपुर में भारी वर्षा की चेतावनी दी है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह विद्यार्थियों से ऑनलाईन चर्चा करेंगे